इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को प्रष्यांजलि अर्पित की केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भी प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया मंत्रिमंडल ने उनकी स्मृति में दो भिनट का मौन रखा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना महामारी के दौरान मरीजों का ईलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामैडिकल स्टॉफ की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं शिमला में आज वीडियो कांफेंस के माध्यम से उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लक्षण रहित रोगियों को होम आईसोलेशन में रखा जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना मरीजों का ईलाज कर रहे डॉक्टरों व पैरामैडिकल स्टॉफ को भी संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा के सभी उपाए अपनाए जाने चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की मृत्यू दर शुन्य दशमलव पांच आठ फीसदी है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही मंदिरों को खोलने पर विचार कर रही है जिसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रवेश प्रक्रिया को सरल करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि परीक्षण सुविधाओं पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है

इसके अंतर्गत सरकार ने आगामी आदेशों तक बाहरी राज्यों के लिए बसे नहीं चलाने का निर्णय लिया है

प्रदेश में धार्मिक स्थल भाषा कला व संस्कृति विभाग द्वारा जारी एसओपी जबकि पयर्टन इकाईयां पयर्टन विभाग द्वारा जारी एसओपी के आधार पर खुलेंगी

बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वालों को कोविड ई पास सॉफटवेयर के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है प्रदेश में शिक्षण संस्थानों को क्वारंटाइन सैंटर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा

जेईई परीक्षा देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पूरी तैयारी के साथ आज शुरू हुई

परीक्षा केंद्रो में सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखा गया है और उन्हें सैनिटाईज किया जा रहा है